मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी चर्चा की गई इस दौरान शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है मंत्रिमंडल ने सरकार के दिशा निर्देशों के तहत आगामी पहली अक्तूबर से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू करने पर भी मंजूरी दी है

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसान बिलों का कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे विरोध को अनुचित भ्रामक और किसानों को गुमराह करने वाला बताया है उन्होंने कहा कि किसान आत्मनिर्भर भारत के मजबूत स्तम्भ है ऐसे में किसानों को सशक्त करने से ही देश की प्रगति संभव है अनुराग ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों की आय दोगुना करने फसलों का सही मूल्य दिलाने और कृषि को तकनीकी से जोड़ने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं उन्होंने किसानों से विपक्ष के झांसे में आए बिना पारित बिलों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की अपील की अनुराग ठाकुर के अनुसार इन विधेयकों से किसानों की आय दोगुना करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी

इसका प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा और यह हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा यह आकाशवाणी डीडीन्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भोरंज क्षेत्र में छूटे हुए घरों को प्राथमिकता के आधार पर पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं धुमल वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिला भाजपा की गतिविधियों पर आधारित ई बुक का आज विमोचन किया इस दौरान कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है

इसी कड़ी में शिमला में उपायुक्त कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रपिता के जीवन दर्शन चरित्र शिक्षा सिद्धांत और स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष पर आधारित वृत चित्र दिखाया गया दूसरी ओर राष्ट्रपिता की स्मृति में हमीरपुर में रक्तदान शिविर लगाया गया